हरियाणा तथा पंजाब में शीत लहर का प्रकोप जारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौजवानो और य्वतियों को आने वाले च्नाव में अपने वोट को बनवाने और इसका प्रयोग करने का आहवान किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि च्नाव कमीश्न को देश के हर नागरिक की वोट बनवाने और उस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए

उनके लिये देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अवसर आ गया है उन्होंने य्वा पीधी से आग्रह करते हये कहा कि अगर वे मतदान करने के लिये पात्र है तो खूद को जरूर मतदाता के रूप में पंजीकृत करवायें

प्रधानमंत्री ने मुक्केबाज़ आकाश गोरखा कबड्डी खिलाड़ी सोनाली हैलवी भारतोलन खिलाड़ी अक्ष्य बासवानी का विशेष जिक्र किया

स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों को इम्तिहानों में किसी दवाब और चिंता से मुक्त रहने की सलाह देते हये श्री मोदी ने कहा कि वे मंगलवार उनके साथ विचार सांझा करेंगे

उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां शिक्षित य्वा भत्ता एवं मानेदय योजना श्रू की गई है सुक्षम युवा के नाम से लोकप्रिय इस योजना के तहत पात्र दसवीं स्नातक स्नातकोतर विज्ञान इंजीनियरिंग तथा वाणिज्य स्नातकों को एक सक्षम पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद रोज़गार से जोड़ा गया है

विधानसभा की जींद सीट पर उप च्नाव में कल मतदान हो रहा है जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने बताया कि ख्ला च्नाव प्रचार की समय अवधि समाप्त होने पर अब कोई भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार नहीं सकता है उन्होंने बताया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जींद विधानसभा में ठहराव नहीं कर सकता उन्हें ये विधानसभा ोत्र हर हाल में छोड़ाना होगा आज शाम सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केन्द्र के लिये रवाना हो गई है जींद उप चूनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्वक पारदर्शी व व्यवस्थित ांग से संपन्न करवाने को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां प्री कर ली गई है मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे तथा वैबकास्टिंग की व्यवस्था करवाई गई है

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य व हिमाचल प्रदेशके राज्याल आचार्य देवव्रत ने आज रोहतक में आर्य महासम्मेलन में शिरकत की इस महासम्मेलन में दोनों राज्यपाल ने सामाजिक क्रीतियों को दूर करेन की बात की साथ ही उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की भी बात कही

यम्नानगर के सरसवती शोध संस्थान के संस्थापक दर्शन लाल जैन को पदम भूषण सम्मान से नवाज़ा गया उन्हें ये सम्मान सरस्वती शोध को लेकर किए गये कार्य के लिये मिला है यम्नानगर में दर्शन लाल जैन ने इसके लिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व म्ख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हये कहा है कि ये पूरे प्रदेश की जनता का सम्मान है हरियाणा पंजाब में शीत लहर का प्रकोप जारी है

हरियाणा में हिसार भिवानी रोहतक सिरसा अम्बाला में तापमान चार से छ डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया जबकि नारनौल तीन डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा

मौसम विभाग के अन्सार आज और कल बारिश का अंदेशा नहीं है

श्रीमतीयादव ने प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करते हये कहा कि इस क्षेत्र के बच्चे शिक्षा व अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपनी अलग पहचान बनाने का कार्य कर रहे है